वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों का चार बैंकों में विलय किया जाएगा

पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय होगा केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के विलय की भी घोषणा की गईं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किया जाएगा इलाहाबाद बैंक के साथ इंडियन बैंक के विलय की घोषणा की गई

वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार हुआ है उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी और नीरव मोदी जैसे भगोड़े कारोबारियों से बचने के लिए स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम को अब कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा गया है

इससे पिछली तिमाही में यह पांच दशमलव आठ प्रतिशत थी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रहमण्यम ने बताया कि वृद्धि दर में मामूली गिरावट के लिए कई घरेलू और विदेशी कारक जिम्मेदार हैं

उन्होंने बताया कि सरकार इसी वर्ष चार हजार केन्द्र खोलने की कोशिश कर रही है

प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष और योग फिट इंडिया अभियान के मजबूत स्तम्भ हैं उन्होंने कहा कि योग प्रणायाम और आयुर्वेद के बल पर ही वे स्वस्थ हैं

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस अंतरिक्ष यान को चौथी बार चन्द्रमा की निकटतम कक्षा में लाने का सफल प्रयास किया

इस बारे में अगला और अंतिम प्रयास कल शाम को किया जाएगा चंद्रयान दो अपने पूर्ववर्ती चंद्रयान एक की तुलना में अधिक दूरी तय कर चुका है नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि ई कॉमर्स के क्षेत्र में लोगों को इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए उन्होंने कहा कि एक ओर इससे उपभोक्ताओं को बहुत लाभ पहुंचा है वहीं दूसरी ओर इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है नई दिल्ली में कल एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और अन्य नियामक एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है

पुलिस के चार जवान भी घायल हुए हैं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 घटना की सूचना के बाद जिला अस्पताल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है मौके पर अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज लक्ष्मण गौड धौलपुर पहुंच गए हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं

आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह के नेतृत्व में होने वाले इस दौरे में आयोग जोधपुर और जयपुर में अर्थशास्त्रियों नीति निर्माताओं व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा आयोग मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ भी बैठक करेगा झालावाड़ जिले के प्रभारी और खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्री रमेश चंद मीणा ने कल झालावाड़ में हाल की अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को हुए फसल खराबे के मुआवजे के बारे में जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा की प्रभारी मंत्री ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण जिले के खानपुर रायपुर और बकानी तहसीलों में फसल खराबा हुआ है उन्होंने प्रभावित किसानों को समय पर पूरी मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दिये उन्होंने किसानों के लिए लगने वाले किसान मेर्ल तथा शिविरों में राज्य सरकार की कृषि आधारित योजनाओं की जानकारी देने को भी कहा

जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री और भीलवाड़ा जिले के प्रभारी अर्जुन सिंह बामनिया ने कल भीलवाड़ा में विभिन्न विभागीय योजनाओं की जिले में प्रगति की समीक्षा की समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिले में योजनाओं का समयबद्ध तरीके से कियान्वयन करने के निर्देश दिये वर्षा के दौरान खराब हुई सड़कों और नई सड़कों के कार्यों को वर्षा ऋत् के बाद शीघ्र प्ररा करने के निर्देश दिये श्री बामनिया ने आगामी रबी के मौसम में किसानों को पर्याप्त बिजली मुहैया कराने के लिए अजमेर विद्यूत वितरण निगम लिमिटेड को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा प्रतापगढ़ जिले में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद मौसमी बीमारियों के फैलने की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने चिकित्साकर्मियों के अवकाश रद्द कर दिये हैं भारी बारिश के बाद अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है ऐसे में ऐहतियात के तौर पर सभी प्रकार की दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है प्रतापगढ़ जिले में मिजल्स रूबैला टीकाकरण अभियान से वंचित बच्चों के टीकाकरण के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा आज से विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है इस अभियान में जो बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए थे उन्हें टीके लगाए जाएंगे

राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी रैगिंग मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय एक दल को मेडिकल कॉलेज में मामले की जांच के लिए भेजा है मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ राजन नंदा ने बताया कि इन सभी छात्राओं को कॉलेज परिसर और होस्टल छोड़ने के लिए कहा है

यह अवधि आज समाप्त हो रही थी